चुनाव तैयारी प्रदेश में आगामी विघानसभा चुनाव के लिये तैयारियां अंतिम चरण में हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकांताराव आज अलिराजपुर दौरे पर हैं वे यहां जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेंगे

इन कम्पनियों को जिलों के संवेदनशील इलाकों में फ्लेग मार्च अन्तर्राज्यीय नाकों पर जांच पेट्रोलिंग ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट की सुरक्षा में तैनात किया गया है वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहुलियत के लिये इस बार ग्यारह हजार से ज्यादा नये मतदान केन्द्र बनाये हैं ताकि किसी भी मतदाता को दो किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल चौबीस नवंबर को छतरपुर और मंदसौर में आमसभाओं को संबोधित करेगें छतरपुर की सभा में सागर संभाग के छतरपुर सहित पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के सभी भाजपा प्रत्याशी शामिल होगें प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी पहली बार छतरप्र आ रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं

भाजपा सांसद परेश रावल ने आज इंदौर में पार्टी प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में रोड़ शो कर रहे हैं यह रोड़ शो इमली बाजार चौराहा से शुरू होकर राजवाड़ा गौतमपुरा सरबटिया बस स्टेण्ड होते हुए छावनी चौराहा पर खत्म होगा उत्तराखंण्ड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के लिये प्रचार करेंगे

कुछ देर पहले उन्होंने विदिशा जिले के गंजबासौदा में पार्टी प्रत्याशी निशंक जैन के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर दस दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मण्डीदीप और नसरूल्लागंज में भी रैलियां करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी को सरल तनावमुक्त और सुरक्षित बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर पुलिस कर्मचारियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैहर और पन्ना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं बहुजन समाजपार्टी प्रमुख मायावती सिंगरौली और रीवा जिले के दौरे पर हैं

इन मतदाता जागरूकता कार्यकमों में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही युवा वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं स्कूली छात्र और युवा अपने अपने क्षेत्र में लोगों के पास जाकर मतदान का महत्व बता रहे हैं जिले में युवा मतदाताओं के लिये यूथ चला बूथ कार्यकम भी चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम में पहली बार मत डालने वाले युवाओं को ईवीएम और वीवीपेट की जानकारी दी जा रही है

विधानसभा चुनाव में ब्रेललिपि पढ़ने वाले मतदाताओं को सामान्य फोटो मतदाता पर्ची को साथ ब्रेल लिपि में तैयार मतदाता पर्ची भी वितरित करवाई जा रही है ब्रेल वोटर पर्ची में नाम मतदाता सरल क्रमांक मतदान केन्द्र एवं विघानसभा क्षेत्र की जानकारी होगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

पूरे देश और दुनिया में यह जयंती धार्मिक उल्लास के साथ मनायी जाती है यह पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देवजी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस वर्ष गुरूनानक देवजी की पांच सौ उन्वासवीं जयंती मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरूनानक जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि गुरू नानकदेवजी के जीवन से प्रेम और भाईचारे की सीख मिलती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरूनानक जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बघाई दी है श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा है कि शान्ति एकता और सद्माव का संदेश दिया है श्रीमती पटेल ने कहा कि उनकी शिक्षा संदेश और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं आज प्रदेशमर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जा रहा है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बड़ी संख्या में आज सुबह महिलाओं ने उमरार सोन और महानदी में स्नान कर पूजा अर्चना की

पार्टी का दावा है कि इस एप के जरिए शराब साड़ी और रूपये बांटने का पता चलेगा